इस चरण में जयपुर जयपुर ग्रामीण गंगानगर बीकानेर चूरू झंझंन सीकर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे है

हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की गई है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने कहा है कि वे मतदान स्थल पर मोबाइल कोर्डलेस फोन या आपतिजनक सामान साथ न ले जावें

इनमें आधार कार्ड ड्राईविंग लाइसेन्स मनरेगा जॉब कार्ड फोटोयुक्त कर्मचारी पहचान पत्र पासबुक पेन कार्ड स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज विधायकों सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा मतदाता केवल पर्ची के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगें

उन्होंने प्रदेश की जनता से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्र मतदान के लिए सभी इन्तजाम किए गए है

वहीं जयपुर ग्रामीण में दो पूर्व ओलम्पियनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इनमें भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस उम्मीदवार तथा सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ताल ठोक रही है दौसा संसदीय सीट पर दो महिला प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसकौर मीणा को इस सीट पर उतारा है वहीं कांग्रेस ने सविता मीणा को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है